केन्द्र सरकार ने जोर देकर कहा है कि कंटेन्मेंट क्षेत्रों को भौगोलिक द्रष्टि से तय करते समय मामलों की संख्या सम्पर्क और स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिये इससे लॉकडाउन को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के अन्य हिस्सों से आये प्रवासी मजदूर राज्य की ताकत हैं और हम उसका उपयोग नये उत्तर प्रदेश के निर्माण में करेंगे

ब्यौरा हमारे संवाददाता से डिस्पैच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजदूरों के वापस लौटने की कोई समय सीमा नहीं है और कोई भी अगर वापस आना चाहता है तो हम उसके सुरक्षित सम्मानजनक और बिना किसी शुल्क की वापसी की व्यवस्था करेंगे राज्य सरकार ने पहले ही सभी राजयों को चिद्वी लिखकर वापसी के इच्छुक मजदूरों की सूची मांगी है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल मैपिंग की मदद से हम हर मजदूर को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करते हुए हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार के उद्देश्य से काम कर रहे हैं

प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन के मकसद से एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है जिसमें हर मजदूर की कुशलता और औद्योगिक इकाइयों की जरूरतों का जिक्र होगा सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कामगारों की सरक्षित प्रदेश वापसी के लिए संकल्पबद्ध है इसके लिए प्रदेश वापस आने के इच्छुक कामगारों की सूची सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त करने को कहा ताकि इनके लिए निःशुल्क ट्रेनों की व्यवस्था कराई जा सके उन्होंने प्रदेश में कार्यरत विभिन्न राज्यों के कामगारों जो वापस जाने के इच्छुक हों की सकुशल वापसी के लिए इनकी सूची विभिन्न राज्य सरकारों को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में गठित निगरानी समितियों के सदस्यों से नियमित संवाद के माध्यम से इनके कार्यों का फीडबैक प्राप्त करने के निर्देश भी दिए

उन्होंने कहा कि माइक्रोप्लानिंग करते हुए टेस्टिंग लैब व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेजों सहित सभी चिकित्सालयों में डॉक्टर नियमित तौर पर राउण्ड लें

मुख्यमंत्री ने आगामी एक जून से प्रारम्भ हो रहे खाद्यान्न वितरण अभियान की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर खरीद की सुचारु व्यवस्था को बनाए रखा जाए उन्होंने टिड्डी दल के प्रकोप के मद्देनजर पूरी सर्तकता बरतने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के ट्रांस गंगा सिटी प्रोजेक्ट प्रयागराज के सरस्वती हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट सहित कई परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए इनमें तेजी से कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित हुई औद्योगिक गतिविधियों को पुनः संचालित करते हुए निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किए जाएं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की प्रभावी कार्यवाही की जाए मुख्यमंत्री ने कल यूपीसीडा के कार्यों की समीक्षा की

चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया और पीडियाट्रिक की इमरजेंसी सेवाओं और व्यवस्थाआ पर संतोष व्यक्त किया बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुविधाओं में सुधार की काफी आवश्यकता है उन्हाने कहा कि कोरोना संक्रमण के अलावा अन्य इलाज के लिए के लिए आने वाले मरीजों के साथ शालीनता से व्यवहार किया जाना चाहिए

इस समय प्रदेश में इस संक्रमण के दो हजार आठ सौ बयालीस मामले हैं अब तक चार हजार दो सौ चौवालीस मरीजों का उपचार करके उन्हें छुट्टी दे दी गयी है प्रदेश में इस संक्रमण से अब तक एक सौ अट्ठानवे लोगों की मौत हुई है उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के आइसोलेशन वार्डो में दो हजार नौ सौ सालह लोगों का इलाज चल रहा है साथ ही आठ हजार पांच सौ सात लोगों को क्वारंटीन सुविधा में रखा गया है प्रदेश में संक्रमण की जांच के लिए सैम्पल टेस्टिंग लगातार जारी है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

यह अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को देखते हुए की गई है मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासियों को अपने घर भेजने के लिए भारतीय रेलवे पूरे देश में रोजाना श्रमिक रेलगाडियां चला रहा है

रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक से इस संबंध में सहयोग की अपेक्षा की जाती है

पांचों बच्चे रामनगर थाना क्षेत्र के सिपहिया घाट पर नहाने गए थे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सभी शव बरामद कर लिय हैं

इस परिचर्चा में अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रसून चटर्जी हिस्सा लेंगे

श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी तापमान में कुछ कमी आयी है मौसम विभाग ने आज शाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड के क्षेत्र में गरज चमक के साथ वर्षा तथा आंधी का अनुमान व्यक्त किया है इन क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है